संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार छियानवे हुयी

देश में कोरोना वायरस के बढते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस महामारी से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे श्री मोदी दो समूहों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोनों दिन शाम तीन बजे बैठक करेंगे मंगलवार को इक्कीस तथा बुधवार को पंद्रह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जायेगी प्रधानमंत्री कार्यालय ने टि्वट कर कहा है कि श्री मोदी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे टिवट के साथ वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से होने वाली बातचीत का कार्यक्रम देते हुए यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री किस राज्य के मुखिया से किस दिन बात करेंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री सत्रह जून को बिहार और कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का चौथा चरण मई में समाप्त होने के साथ एक जून को देश भर में पाबंदियों को हटाने के लिए अनलॉक वन की प्रक्रिया शुरू हुई थी इसके बाद से देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ रहे हैं देश में लॉकडाउन का पहला चरण पच्चीस मार्च से शुरू हुआ था कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से श्री मोदी पांच बार मुख्यमंत्रियों के साथ बीस मार्च दो ग्यारह और सत्ताईस अप्रैल और ग्यारह मई को बैठक कर चुके हैं बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि जारी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में एक सौ अड़तालीस लोग पॉजिटिव पाए गए जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार छियानवे हो गई वहीं पिछले चौबीस घंटे में इस बीमारी से दो सौ तीस लोग स्वस्थ हुये हैं अब तक राज्य में तीन हजार तीन सौ सोलह मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं इधर गया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना से संक्रमित एक युवक की मौत हो गयी इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर पैंतीस हो गयी है औरंगाबाद जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के सात कर्मियों में भी संक्रमण की पूष्टि हुई है राज्य में अर्धसैनिक बलों में संक्रमण का यह पहला मामला है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक एक लाख सोलह हजार छह सौ इकहत्तर नमूनों की जांच की गयी है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में अभी कोरोना के दो हजार छह सौ इक्यानवे सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है इसके साथ ही इन सभी के संपर्कों की पहचान कर कोरोना की जांच करायी जा रही है राज्य में अब तक चार हजार दो सौ पचास प्रवासियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में चौदह नये मामले मिले हैं इसके अलावा रोहतास और भागलपुर में तेहर तेरह मुधबनी में दस कटिहार में नौ बक्सर सहरसा तथा समस्तीपुर में आठ आठ सारण कैमूर पटना जहनाबाद तथा सिवान में सात सात बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण में चार चार नालंदा अरवल सीतामढ़ी तथा औरंगाबाद में तीन तीन भोजपुर लखीसराय बांका और पूर्वी चंपारण में दो दो जबकि वैशाली दरभंगा अररिया किशनगंज जमुई खगड़िया गया और पूर्णिया में एक एक नये मरीज मिले हैं इधर पटना जिले में पांच कंटेनमेंट जोन को सामान्य क्षेत्र में बदल दिया गया है कोविड उन्नीस महामारी से बचाव के लिये चिकित्सकों ने लोगों से सैनिटाइजर तथा साफ सफाई के अन्य साधनों को अपनाने को कहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है

जिस भी जगह को छूएं उसको सेनेटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में उससे धोइये या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइये साथ में कोई थैला या टोकरी ले कर जाइये जिसमें सब्जी डलवा लें ताकि घर आ के उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सकें वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि जिन घरों में बुजुर्ग कोविड उन्नीस से संक्रमित हो उन्हें बचाव के अधिक साधनों के उपयोग की जरुरत है

सभी मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है

केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि गत तीन मई को पूर्णबंदी की अनेक पाबंदियां हटाने संबंधी आदेश में रात में नौ से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लागू किया गया था उन्होंने कहा है कि हाईवे पर माल ढुलाई के लिए चलने वाले ट्रक और यात्री बसें इसके दायरे में नहीं आती साथ ही आवश्यक सेवाओं के मामले में भी यह कर्फ्यू लागू नहीं होता पत्र में यह भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों से ट्रेनों और बसों में आने वाले जो यात्री अपने घर जा रहे हैं वे भी इसके दायरे में नहीं आते हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में फंसे एक सौ अस्सी श्रमिक विशेष विमान से पटना पहुंचे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बेंगलुरू के पूर्ववर्ती छात्रों ने इन श्रमिकों को स्पेशल विमान के जरिये पटना भेजा है ये सभी कटिहार पूर्णिया अररिया मधेप्रा और सुपौल जिलों के रहने वाले हैं ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में हैदराबाद और आसपास के इलाकों में फंसे हुये थे शुक्रवार को पटना पहुंचने पर इन सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गयी इसके बाद परिवहन विभाग की बसों से इन्हें इनके गृह जिलों में भेजा गया है

देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमितों की संख्या तीन लाख को पार कर गयी है अब से थोडी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या तीन लाख आठ हजार नौ सौ तिरानवे हो गयी है वही देश में इस महामारी से आठ हजार आठ सौ चौरासी लोगों की मृत्यु हुई है सुखद बात यह है कि संक्रमित मरीजों में से आधे से अधिक यानी एक लाख चौवन हजार अबतक स्वस्थ हो चुके हैं जीएसटी परिषद की चालीसवीं बैठक में केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाने वाले व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया है नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जुलाई दो हजार सत्रह से जनवरी दो हजार बीस के दौरान जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे कारोबारी जिनपर कोई टैक्स बकाया नहीं है उन्हें बिलंव शुल्क नहीं देना होगा ऐसे कारोबारी जिनपर टैक्स बकाया है उन्हें अधिकतम पांच सौ रूपये बिलंव शुल्क देना होगा वहीं पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले वैसे कारोबारी जो फरवरी मार्च और अप्रैल के रिटर्न छह जुलाई तक नहीं भरेंगे वे इसके बाद नौ प्रतिशत पर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो गयी है आज सुबह पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुयी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से तेज वर्षा की संभावना है इस समय राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित किशनगंज जिले के ऊपर से ट्रफलाइन गुजर रही है साथ ही इन क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है इधर अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना है राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस बार मॉनसून की बारिश से जलजमाव की स्थिति नहीं होगी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस वर्ष मॉनसून को देखते हुये जलजमाव से निपटने के लिये पूरी तैयारी कर ली गयी है नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम ने मिलकर राजधानी के सभी छोटे और बड़े नालों की सफाई पूरी तरह कर ली है इस बैठक में शामिल आपदा प्रबंधन के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुये पहले चरण में राज्य के सात जिलों का चयन किया गया है इन जिलों में पटना दरभंगा मुजफ्फरपुर बेतिया कटिहार गोपालगंज और सुपौल शामिल हैं इन जिलों में एसडीआरएफ की एक एक टीम जबकि पटना में दो टीमें तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं इसके अलावा सहरसा अररिया और किशनगंज को भी बाढ़ के संभावित क्षेत्र में रखा गया है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को देखते हये शिक्षा विभाग ने पठन पाठन के लिये स्कूल नहीं खोलने का निर्णय लिया है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि केंद्र के गाईडलाइन पर राज्यभर के स्कूलों के बच्चों शिक्षकों और अभिभावकों से स्कूलों के स्रक्षित संचालन को लेकर राय मांगी गयी थी इन सुझावों में ज्यादातर ने स्कूल नहीं खोलने को कहा है शिक्षा मंत्री ने संभावना जतायी है कि जुलाई के अंत तक स्कूलों के संचालन को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई बाधित हुयी है उसकी भरपायी की जायेगी कुलपतियों के साथ हुयी समीक्षात्मक बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन जुलाई में होगा और सितंबर अक्टूबर तक इन सभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिये जायेगा श्रम विभाग ने आईटीआई में अतिथि के तौर पर पढ़ाने वाले अनुदेशकों के अनबंध को मार्च दो हजार इक्कीस तक बढ़ा दिया है श्रम संसाधन विभाग ने लगभग ढाई हजार अतिथि अनुदेशकों की सेवा का विस्तार किया है इन सभी अनुदेशकों की सेवा आठ अप्रैल को समाप्त हो गयी थी श्रम मंत्री ने बताया कि अतिथि अनुदेशकों के मानदेय का बकाया भुगतान हरहाल में जून के अंत तक कर दिया जायेगा केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक की भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है परीक्षा तीन जुलाई से पटना में आयोजित की जायेगी इस परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से पर्षद की वेबसाइट से लाउनलोड किया जा सकता है गया स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया पासिंग आउट परेड में सत्रह जेंटलमैन कैडेट सहित टेक्निकल जवान शामिल हुये इस दौरान प्रशिक्षण अकादमी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने परेड का निरीक्षण किया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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है वर्चुअल सम्मेलन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने किया एलान हर खेत तक बिजली पहुंचाने पर चल रहा हे काम मुख्यमंत्री ने कहा फिर मौका मिला तो हर खेत को पानी भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की फायरिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये प्रभात खबर लिखता है सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक यूवक की मौत तीन घायल बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट दैनिक जागरण की सुर्खी है सीबीएसई के परीक्षाओं को एप से मिलेगा केंद्र का लोकेशन दैनिक भास्कर का शीर्षक है जिन उद्योगों में बिहारी मजदूर काम करते थे वो अगर बिहार में शिफ्ट हों तो खर्च उठायेगी राज्य सरकार

संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार छियानवे हुयी